रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देशभर में कई यादगार घटनाओं के प्रदर्शन की भी योजना बनाई गई है नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध समर पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा इस स्थल से चार विजयी मशालें मुख्य मशाल को प्रज्वलित करेंगी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख शहीद जवानों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे

इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि मी शामिल रहेगी ये राशि मुख्यमंत्री स्वयं विदिशा में अंतरित करेंगे शेष जिलों में मंत्री इस संबंध में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे किसान सम्मेलन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी जारी रहेगी वहीं मंडियों का संचालन भी निरंतर जारी रहेगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए कृषि बिलों के समर्थन में कल राजधानी भोपाल में आयोजित संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन किसान चौपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि किसान को इस कानून में स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो मंडी में या चाहे तो अपने घर से ही व्यापारी से सौदा कर अपनी फसल की कीमत अपनी इच्छान्सार तय कर सकते हैं जन आंदोलन आगरमालवा के मार्शल आर्ट कोच शरद मंडलोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा

इसमें सभी ब्रांच के छात्र छात्राएँ शामिल हो सकते हैं तीन घंटे के इस ऑनलाइन सेशन में विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के बारे में जानकारी दी जाएगी प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थी विषय विशेषज्ञों से बातचीत भी कर सकेंगे

निर्माण की नई तकनीकों के इस्तेमाल से कम समय में परियोजनाएं पूरा करने में मदद मिलेगी

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भवन निर्माण की नई तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नालॉजी चलेंज अंतर्गत लाईट हाउस प्रोजेक्ट तैयार कराये गए हैं इन तकनीकों को भविष्य में उपयोग में लाने के लिए बढ़ावा देना हैं

इनमें से पूरे देश के कुल छह नगरों में से इंदौर नगर का चयन किया गया है तोमर किसान यूनियन केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि सरकार असली किसान यूनियनों के साथ वार्ता जारी रखना और खुले दिमाग से मसलों को हल करना चाहती है उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एक प्रशासनिक निर्णय होता है और यह इसी तरह से तय होता रहेगा श्री तोमर ने कल नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश से आए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के साथ मुलाकात की यूनियन के नेताओं ने नए कृषि कानूनों का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे उन्होंने कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें कृषि कानूनों और न्यू नतम समर्थन मूल्य को लेकर कृष्ठ सुझाव दिए गए थे बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री तोमर ने बताया कि यूनियन ने इन कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए उन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिये जाने का आग्रह किया बैठक के दौरान यूनियन के नेताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को विवाद की स्थिति में दीवानी अदालतों में जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए

इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्वांजलि दी जाएगी

बैठक में नेताजी के परिजन आईएनए ट्रस्ट के सदस्य शिक्षाविद इतिहासकार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क वाले कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे

ग्वालियर में हजीरा स्थित तानसेन के समाधि स्थल पर आयोजित होने वाले इस समारोह के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अनुमति दे दी है समारोह की सभी व्यवस्थाओं को समय सीमा में एवं बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए एक उपसमिति भी गठित की गई है

कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर भ्रमण के दौरान सेंटोसा द्वीप देखकर उनके मन में मध्यप्रदेश में भी टापूओं को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार आया था जो कि हनुवंतिया में साकार हो गया है इस अवसर पर वन मंत्री डॉ शाह ने कहा कि वन विभाग एवं पर्यटन विभाग मिलकर प्रदेश में और नए पर्यटन स्थल विकसित करेंगे

इस दौरान साहसिक खेल गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक एवं लोक कला से संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किए जायें गे मौसम पश्चिमी विक्षोम और अरब सागर के दक्षिणपूर्वी हिस्से से लेकर दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश तक टर्फ लाइन बनने और अधिक नमी के चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल भी बादल छाए रहे और कहीं कहीं वर्षा भी हुई भोपाल रायसेन विदिशा होशंगाबाद देवास शहडोल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का मौसम बना रहा हालांकि राजधानी भोपाल में कल बारिश नहीं हुई हमारे रतलाम संवाददाता ने बताया कि जिले में कल सुबह घना कोहरा छाया रहा वहीं इंदौर में रुक रुककर बूंदाबांदी होती रही